और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देर रात झारखण्ड तेलंगाना आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्य में कोविड स्थिति के बारे में बातचीत की श्री मोदी ने राज्य के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा क इस मौके पर उन्होनें राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान का भी जायजा लिया सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पुद्दुचेरी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों से भी कोविड स्थिति का जायजा लिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड स्थिति की व्यापक समीक्षा की और विभिन्न राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण फैलाव की विस्तृत जानकारी ली

श्री मोदी ने इन राज्यों में आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया श्री मोदी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम दवाओं की उपलब्धता रेमडेसिविर सहित आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढाने टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति और अगले कुछ महीनों में टीके का उत्पादन बढाने की कार्य योजना का भी जायजा लिया

इस बैठक में प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी का राज्यवार ब्योरा भी लिया और टीकाकरण की गति तेज करने पर जोर दिया इसी क्रम में झारखंड में मात्र तीन द ामलव एक दो प्रति ात टीके की बर्बादी हुई है जो कि सबसे अधिक संक्रमण वाले बारह राज्यों में सबसे कम है देश में अब तक सोलह करोड अड़तालीस लाख से अधिक कोविड टीके लगाये जा च्रके हैं इसमें पन्चानबे लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की पहली डोज और लगभग चौसठ लाख स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी डोज लगाई गई

इस आयु वर्ग के ग्यारह लाख चौसठ हजार से अधिक पात्र लोगों को टीका लगाया जा चूका है

नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कर्मियों के शीघ्र टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी विमानन कंपनियों से कहा गया है कि वे अपने कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करें दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन संगठनों ने सरकारी अथवा निजी केंद्रों में टीके लगाने की व्यवस्था की है वे उसे जारी रखें हवाई अड्डा ऑपरेटरों को एक विशेष टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं एयरपोर्ट प्रचालकों से टीकाकरण काउंटर और एक अलग प्रतीक्षा कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर टीके की कीमत निर्धारित कर सकेंगे लेकिन हर ऑपरेटर को कीमत एक समान रखनी होगी छोटे हवाई अड्डों पर टीकाकरण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेटर स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सकेंगे

बैठक में सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे व्यय सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन विदेश मंत्रालय में अपर सचिव दम्मू तावी और अपर स्वास्थ्य सचिव आरती आहूजा शामिल थे झारखंड में कोरोना के सकिय मामलों की संख्या बढ़कर साठ हजार छह सौ तैंतीस पहंच गई है जबकि पांच हजार सात सौ चालीस लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घरों को लौटे हैं राज्य में एक हफते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है इस दौरान संक्रमण की दर में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब चौदह प्रतिशत के लगभग पाया गया है पिछले चौबीस घंटो में कुल छह हजार नौ सौ चौहतर नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ तैंतीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियतर दशमलव दो छह प्रतिशत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है कृषि मंत्रालय ने दालों की पैदावार में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आगामी खरीफ सत्र के लिए एक विशेष खरीफ कार्यनीति तैयार की है इसके तहत दलहन फसलों के बुआई क्षेत्र को बढाने के लिए केंद्रीय बीज ऐजेंसियों या राज्यों में उपलब्ध अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज निशल्क बांटे जाएंगे

कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत अब भी लगभग चार लाख टन तुअर दशमलव छह लाख टन मूंग और लगभग तीन लाख टन उडद का आयात करता है इस कार्यक्रम से इन दालों के उत्पादन में काफी वृद्धि की जा सकेगी

अब बंगाल जानेवाले रेल यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है वैसे यात्री जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हें अपने स्वास्थ्य का सात दिनों तक स्वयं परीक्षण करना होगा इस दौरान बूखार या दूसरे लक्षण दिखें तो डॉक्टर से परामर्श लेना होगा पश्चिम बंगाल की सरकार ने लंबी दूरी की ट्रेनों को यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण को रेलवे स्टेशन पर अनिवार्य कर दिया है इस दौरान अगर यात्री कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें कोविड केयर सेन्टर मे अपना इलाज कराना होगा

बहरहाल पश्चिम बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ईएमयू ट्रेन बंद नहीं हुई है

सोलह सौ किलोमीटर से भी कम दूरी वाली ट्रेनों में लगातार यात्रियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है सात मई से धनबाद से हावड़ा जानेवाली कोलफील्ड एक्सप्रेस और रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस अगले आदेश तक रद हो जाएगी हटिया पूर्णे एक्सप्रेस को सैन्ट्रल रेलवे द्वारा अभी जारी रखा गया है आसनसोल से खुलने वाली कई ट्रेनों को चार मई से ही अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी हो गया था कोरोना संक्रमण के कारण यात्रियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है कम यात्रियों के साथ चलने से रेलवे को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है केन्द्र ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए अगले महीने से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य कर दिया है यह प्रमाण पत्र केवल विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल के उपयोग से ही जारी किया जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है इस कदम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अखिल भारतीय वैधता और दिव्यांगजनों को लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया सुनिश्चित होगी एयरपोर्ट अथॉरिटि ऑफ इंडिया के तहत रांची विमानपत्तन प्रबंधन की पूरी टीम ने देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इस क्रम में प्रबंधन की ओर से कोरोना वैक्सीन इंजैक्शन दवाईयां एवं ऑक्सीजन संकट हेतू टैंकर्स का आवागमन न्यूनतम समय में किया जाएगा अब तक रांची एयरपोर्ट से पन्चानबे ऑक्सीजन टैंकर्रो का परिचालन अन्य राज्यों के लिए किया जा चुका है सरायकेला जिले में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दुकानों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान दुकानों में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की तालिका के टंगे होने सहित स्टॉक के स्थिति का जायजा लिया गया इस दौरान थोक विक्रेताओं के बीच कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एसडीओ ने दुकानदारों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व कार्यकारी चीफ जस्टिस एम वाई इकबाल का कल रात दिल्ली के मेदान्ता अस्पताल मे निधन हो गया वे सतर साल के थे और पिछले दस दिनों से उनकी तबियत खराब थी

बुंडू में कोविड यूनिट बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से भी विमर्श किया गया है

सीआइएसएफ ने मुख्य द्वार और सुरक्षा कार्यालय में अपने जवानों को तैनात कर दिया है अस्पताल के अंदर रोगियों के अटेंडेंट के ठहरने पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे चिकित्साकर्मी ठीक से इलाज कर सकें

वजपात के दौरान मृतक अपने खेत में काम कर रहा था जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोरोना की स्थिति और कोरोना संक्रमितों के इलाज में कोई कमी नहीं होने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोरोना संक्रमितों के इलाज में नहीं होगी कमी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के हवाले से दिए गए कथन को प्रभात खबर ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है वहीं दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड में केन्द्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन टैंक को प्राथमिकता से पहुंचाने की खबर को प्रथम पन्ने पर जगह दी है कोरोना जांच के मेगा ड्राइव से मरीजों संक्रमण दर के घटने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है दै निक जागरण ने मुख्यमंत्री द्वारा रिम्स में पांच सौ अठाईस बेड के अस्थाई कोविड अस्पताल के उदघाटन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक भास्कर ने सदर अस्पताल में तकनीकी खराबी से कोविड मरीजों की मौत की खबर को अपने पहली सुर्खी बनाई है